इस अवसर पर नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत पहली परियोजना के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे कैच द रेन अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जायेगा इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें

लोगों के सहयोग से गांव गांव में यह जन आंदोलन चलाया जायेगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल स्तर बेहतर बने भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ ग्राम पंचायत से किशोर कुमार शर्मा का चयन जल शक्ति अभियान के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत के लिये किया गया है इस ग्राम पंचायत की शक्करगढ मॉडल के रूप में प्रदेश और देश में एक पहचान है

पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल के प्रति सामूहिक दायित्व को समझने पर जोर दिया था

इसके अलावा राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में बाजार रात दस बजे बंद करने होंगे

नाइट कफर्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है

वहीं मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था दुबारा लागू होगी जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा

कोविड टीकाकरण कार्यकम के तहत आज से जयपुर में सचिवालय कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी

कल केवल चार जिले भरतपुर चूरू जैसलमेर और टोंक नए मामलों से अछ्ते रहे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

आकाशवाणी के श्रोता इस श्रृंखला के माध्यम से कोरोना जन जागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

मौसम विभाग ने इन जगहों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है विभाग ने चेताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तपिश बादल बारिश मेघ गर्जन वजपात अंधड़ का माहौल बन सकता है यलो अलर्ट में भरतपुर अलवर जयपुर दौसा टोंक सवाई माधोपुर करौली गंगानगर अजमेर झालावाड़ भीलवाड़ा पाली सीकर झुंझनू हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर जिला शामिल हैं इस बीच आज राजधानी जयपुर में अलसुबह तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई वहीं बीकानेर में कल शाम तेज आंधी के साथ शहर और आसपास के इलाकों में ब्रंदाबांदी हुई

कई कच्चे मकान और छप्पर उड़ गए वहीं बिजली के खंभे गिर गए जिससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई कई इलाकों में किसानों की कटी फसलों को काफी नुकसान हुआ है